प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया

प्रधान स्वच्छता केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाया है जिसमें समाज शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की व्यापक भागीदारी है धर्मेन्द्र प्रधान आज नई दिल्ली में पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्रों में स्वच्छता पखवाडा के लिए प्रस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र इस जन आंदोलन में अपना योगदान कर रहा है इसको गति प्रदान कर रहा है उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में निजी क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियों की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया

ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने लोगों से बिजली की बचत करने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि ऊर्जा के महत्व व इसके सही इस्तेमाल के बारे में जागरूकता लाने के लिए ही ये दिवस मनाया जाता है सुखराम चौधरी ने कहा कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता ऊर्जा के सही उपयोग की है और राज्य सरकार ने इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को प्राथमिकता दी जा रही है और जल विद्युत के दोहन के साथ साथ सौर ऊर्जा के सही उपयोग पर भी बल दिया जा रहा है रणधीर शर्मा प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि संसद में हाल ही में पारित कृषि कानूनों से किसानो को लाम होगा और मंडियों में लूट कम होगी शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इन कृषि कानूनों से सिर्फ दलालों को हीं नुकसान हो रहा है और विपक्षी पार्टियां इस पर राजनीति कर रही हैं रणधीर शर्मा ने कहा कि आंदोलनरत किसान संगठनों की केन्द्र सरकार ने सभी मांगे मान ली है और प्रदेश सरकारों को भी कर लगाने या न लगाने की अनुमति दी है उन्होंने कहा कि हिमाचल में किसान आंदोलन नहीं चल रहा है और कांग्रेसी नेता किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं सत्ती इस बीच राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने किसान संगठनों से आंदोलन का रास्ता छोड़ सरकार से बातचीत करने की अपील की है ऊना में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि सुधार कानूनों से देश का किसान सशक्त होगा उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी और इन कानूनों से किसानों को लाभ होगा सत्ती ने किसानों से विपक्षी दलों के बहकावे में न आने को कहा है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पंचायत चुनाव से पहले फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूचियों में शामिल करने का आरोप लगाया है सोलन में आज उन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जिसमें निष्पक्ष चुनाव करवाने को कहा गया है कुलदीप राठौर ने कहा कि पंचायत व नगर निगमों के चुनाव एक साथ करवाए जाने चाहिए लेकिन सरकार ऐसा करने से गुरेज कर रही है उन्होंने पंचायत व नगर निगम चुनावों में सरकार पर धांधली के आरोप लगाए बरागटा मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने आज कोटखाई क्षेत्र के डाहर व नावर के गुजांदली गांव में अग्निकांड से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की उन्होंने प्रभावितों को हरसंभव आर्थिक मदद ँदिलाने का भरोसा दिया बरागटा ने कहा कि क्षेत्र में अग्निशमन केन्द्र खोलने का मुद्दा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ उठाया गया है और जल्द ही ये मांग पूरी हो जाएगी बरागटा ने लोक निर्माण विमाग को गुजांदली गांव के लिए एम्बूलैंस सड़क बनाने के निर्देश भी दिए

इसमें तीन स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को आयुष्मान भारत के साथ समन्वित करके जन स्वास्थ्य निगरानी को लेकर भारत की परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया है इसमें देशभर में विशेषज्ञ सेवाओं और प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने की बात भी कही गई है